न्यूयॉर्क में कल संयुक्त राष्ट्र जलवायु कारवाई शिखर सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु मुद्दों का सामना करने के लिए जन आंदोलन समय की मांग है उन्होंने कहा कि जलवायू परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है

पुलिस कैंटीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला स्थित पुलिस मुख्यालय में केन्द्रीय पुलिस कैन्टीन का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने पुलिस विभाग से ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह की सेवा आरम्भ करने की संभावनाओं को खोजने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे पुलिस कर्मियों को मोबाईल कैन्टीन की सुविधा देने के लिए तीन फोर्स ट्रैवलर वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे

पहली अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी दोनों ही प्रमुख पार्टियां भाजपा व कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही हैं इस सम्बंध में प्रदेश भाजपा चुनाव कार्यसमिति की आज शिमला में बैठक होगी जिसमें प्रत्याशियों के नामों की छंटनी कर संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपनी समितियों का गठन कर दिया है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता को कड़ाई से लागू करने की मांग की है पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कांगड़ा जिले में सरकारी तंत्र के दुरूपयोग की शिकायतें आ रही हैं जिस पर आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आदर्श चुनाव आचार संहिता पर नज़र रखे हुए हैं और ऐसे मामलों को प्रमुखता से उठाएगी

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार संशोधित प्रावधानों का लाभ केन्द्रीय सशस्त्र बलों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने उपचुनाव की अधिसूचना व मुख्यमंत्री के बयान से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है दिव्य हिमाचल की सुर्खी है धर्मशाला पच्छाद उपचुनाव की अधिसूचना संग नामांकन शुरू अमर उजाला का शीर्षक है धर्मशाला ब्लॉक कांग्रेस ने किया सुधीर के नाम का प्रस्ताव पच्छाद से मुसाफिर ने मांगा टिकट पहले दिन कांग्रेस टिकट के लिये आए चार आवेदन भाजपा आज तय कर सकती है पैनल हिमाचल दस्तक के शब्द हैं धर्मशाला पच्छाद उपचुनाव की अधिसूचना जारी मुख्यमंत्री के बयान को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में आएंगे प्रधानमंत्री मोदी व गृहमंत्री शाह हिमाचल देस्तक ने लिखा है हिमाचल को भी मिलेगा टैक्स राहत का लाभ दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक मोदी सरकार के फैसलों से बेअसर होगा मंदी का दौर जबकि आपका फैसला ने शीर्षक दिया है जीएसटी परिषद के निर्णयों से अर्थव्यवस्था फिर पटरी पर लौटेगी

दिव्य हिमाचल के मुताबिक हिमाचल में महंगा होगा पेट्रोल डीजल अमर उजाला लिखता है हिमाचल में अक्तूबर के पहले सप्ताह से ढाई रुपये तक महंगा होगा पेट्रोल डीजल दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के बयान को सुर्खी दी है मंत्रियों विधायकों के इनकम टैक्स सरकारी खजाने से नहीं भरे जाएंगे फैसला जल्द पंजाब केसरी का शीर्षक है मंत्रियों विधायकों के टैक्स छूट पर फैसला जल्द जबकि दैनिक जागरण लिखता है खर्चों में कटौती करेगी सरकार माननीयों का आयकर न भरने के संबंध में जल्द होगा बड़ा फैसला बीपीएल परिवारों की जमीन पर सरकार लगाएगी चंदन सेब के बगीचे दो अक्तूबर से शुरू होगी योजना अमर उजाला की एक खबर है